बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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 साउंड बाईट भारत के औषध महानियंत्रक ने भारतीय सीरम संस्थान के कोविड वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को आपात स्थिति में सीमित उपयोग की अनुमति दे दी है औषध महानियंत्रक वी जी सोमानी ने आज इसकी घोषणा की औषध महानियंत्रक ने बताया कि दोनों टीकों के आपात उपयोग की विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के बाद केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने स्वीकृति प्रदान की है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने बताया कि भारत बायोटेक ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय विषाणु संस्थान पुणे के सहयोग से को वैक्सीन तैयार किया है

हालांकि उन्होंने लोगों से वैक्सीनेशन के बाद भी सावधानी बरतने की अपील की

उन्होंने ट्वीट कर कहा कि देश की पहली कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड सुरक्षित और कारगर है श्री प्रनावाला ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन तथा भारतीय औषधि महानियंत्रक को धन्यवाद दिया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारतीय सीरम संस्थान और भारत बॉयोटेक की वैक्सीन को मंजूरी मिलने से देश को तेजी से कोरोना मुक्त बनाने में मदद मिलेगी एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने देशवासियों और वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि कोरोना के विरूद्ध संघर्ष में यह एक निर्णायक मोड़ है श्री मोदी ने कहा कि भारत में बनी दो वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है उन्होंने कहा कि इससे आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों के योगदान का पता चलता है श्री मोदी ने कहा कि यह समय देश को कोरोना से मुक्त करने की दिशा में चिकित्सकों स्वास्थ्य कर्मियों वैज्ञानिकों पुलिसकर्मियों और सफाई कर्मियों सहित सभी कोरोना योद्धाओं के प्रति एक बार फिर से कृतज्ञता ज्ञापित करने का है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना योद्धाओं ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अनेक लोगों का जीवन बचाया है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि टीकाकरण अभियान बूथ स्तर पर चलाया जाएगा एक टवीट संदेश में उन्होंने कहा कि इसके लिए कुशल कर्मियों की संख्या बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई चल रही है उन्होंने बताया कि टीका लगाने वाले लोगों को प्रशिक्षित किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि निर्धारित टीकाकरण केंद्रों में अलग से प्रतीक्षा कक्ष टीकाकरण और निरीक्षण कक्ष बनाए गए हैं उन्होंने कहा कि टीके के एक सौ लाभार्थियों के लिए पांच सदस्यों का दल तैयार किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि टीकाकरण के बाद किसी पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ने की रिथति में आपात किट दी जाएगी स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि लाभार्थियों के पंजीकरण और उनकी जांच के लिए को विन पोर्टल का उपयोग किया जाएगा साथ ही इसी पोर्टल से टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में एसएमएस और खुराक संबंधी जानकारी दी जाएगी टीकाकरण के बाद इसके प्रतिकूल प्रभावों और ई प्रमाण पत्र जारी करने की सूचना भी इसी पोर्टल पर उपलब्ध होगी गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय सीरम संस्थान और भारत बॉयोटेक की कोरोना वैक्सीन को स्वीकृति दिया जाना एक बड़ी उपलब्धि है अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने देश के इस गौरवशाली क्षण के लिए वैज्ञानिक समुदाय को धन्यवाद दिया है श्री शाह ने देश को कोरोना मुक्त बनाने की दिशा में किये गये प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति भी आभार प्रकट किया है श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण द्रनिया ने एक नये भारत को देखा है जो संकट की इस घड़ी में मानवता की सहायता के लिए तैयार है उन्होंने कहा कि भारत में बनी वैक्सीन आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री की सोच को आगे ले जाने में एक महत्वपूर्ण पड़ाव सिद्ध होगा श्री शाह ने संकट के दौर में समर्पण भाव से काम करने वाले वैज्ञानिकों चिकित्सकों चिकित्साकर्मियों सुरक्षाकर्मियों सहित सभी कोरोना योद्धाओं के प्रति आभार प्रकट किया केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश भर में लाभार्थियों तक कोविड वैक्सीन का वितरण सुनिश्चित करने के लिए तापमान नियंत्रित वातावरण की व्यवस्था की है कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करने के लिए सीरिंज और अन्य साजो सामान की पर्याप्त आपूर्ति भी सुनिश्चित की गई है टीका लगाने वाले एक लाख चौदह हजार से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को इससे संबंधित प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया है इधर बिहार में भी कोविशील्ड और कोवैक्सीन को शीत उपकरण में रखने की पूरी व्यवस्था की गई है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि विभिन्न जिलों में भी चार सौ तेईस शीत उपकरण भेजे गये हैं श्री पांडेय ने बताया कि राज्य में कुल चौदह हजार सात सौ चौबीस प्रशिक्षित वैक्सीनेटर हैं जो पूर्व से टीकाकरण का कार्य कर रहे हैं सभी वैक्सीनेटर कोविड उन्नीस के वैक्सीनेशन के लिए प्रशिक्षित किये जा चुके हैं प्रदेश में पहले चरण में चार लाख उनतालीस हजार स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों को चरणबद्व तरीके से वैक्सीन निःशुल्क देने का निर्णय पहले ही ले चूकी है श्री पांडेय ने कहा कि सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और केन्द्र की अनुमति मिलते ही वैक्सीन लगाने का काम कभी भी शुरू किया जा सकता है पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी जाएगी जिसके लिए डेटाबेस तैयार कर लिया गया है उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में कुल सात सौ सरकारी संस्थान और अडसठ निजी संस्थान को टीकाकरण के लिए चयन किया गया है श्री पाण्डेय कहा कि प्रत्येक लाभार्थी को दो बार टीका लगाया जाएगा पहले टीके के अठाईस दिन बाद दूसरा टीका दिया जायेगा प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर लगभग अंठानवे प्रतिशत हो गई है अब तक दो लाख अड़तालीस हजार दो सौ दस मरीज इस महामारी से ठीक हो चुके हैं वर्तमान में कोविड उन्नीस के सक्रिय मरीजों की संख्या चार हजार तीन सौ अठारह है पिछले चौबीस घंटों में कोविड उन्नीस के दो सौ बयासी नये मामले सामने आये हैं पटना में सबसे अधिक अठासी मामलों की प्रष्टि हुई है सारण में बाईस नालंदा में सत्रह मुजफ्फरपुर में बारह और भागलपुर में ग्यारह मामले सामने आये हैं वहीं अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की प्रष्टि हुई है देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढकर छियानवे प्रतिशत से अधिक हो गई है पिछले चौबीस घंटों में बीस हजार नौ सौ तिरसठ रोगी कोरोना से मुक्त हुए हैं इसके साथ ही कोरोना से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या बढकर निनयानवे लाख सत्ताईस हजार तीन सौ दस हो गई है

राज्य सरकार ने कोविड उन्नीस सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए कक्षा नौ से ऊपर वर्ग के लिए सभी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को कल से खोलने का निर्देश दिया है दिशा निर्देशों के अनुसार अभिभावकों से अनुमति पत्र लेकर आने वाले विद्यार्थियों को ही स्कूल में प्रवेश दिया जायेगा कल से कॉलेज भी खुल जायेंगे फिलहाल स्कूलों और कॉलेजों में पचास प्रतिशत छात्रों की उपस्थिति ही अनिवार्य की गई है शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा है कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो निचली कक्षाओं को अठारह जनवरी से खोलने के लिए चरणबद्ध तरीके से अनुमति दी जाएगी श्री कुमार ने कहा कि सरकारी स्कूलों में प्रत्येक छात्र को दो दो फेस मास्क मुफ्त दिये जाएंगे राज्य में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है हिमालय क्षेत्र में हुई बारिश और बर्फबारी के प्रभाव से राज्य के अधिकांश जिलों के न्यूनतम तापमान में कमी आई है

इस दौरान एक अरब से अधिक डिजिटल दृश्य और छह अरब डिजिटल मिनट से अधिक का प्रसारण हुआ है एक बयान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि दो हजार बीस के दौरान न्यूज ऑन एआईआर ऐप से पच्चीस लाख से अधिक उद्योगकर्ता जुड़े और सर्वाधिक लोकप्रिय दो सौ से अधिक सीधे रेडियो प्रसारणों में तीस करोड़ से अधिक सुझाव मिले कटिहार रेल मंडल के तहत चलने वाली जयनगर मनिहारी इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन अब इकतीस जनवरी तक किया जायेगा भागलपुर के जिला पदाधिकारी प्रणव कुमार ने कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में जगदीशपुर अंचल के दो राजस्व कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है अरवल जिले के बैदराबाद बाजार के समीप एनएच एक सौ उनचालीस पर सडक दुर्घटना में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई नालंदा जिले के पावापुरी ओपी के सरला स्थान के निकट बदमाशों ने दिनदहाड़े हथियार के बल पर दुकान के मुंशी से दो लाख से अधिक रुपये लूट लिये पश्चिम चम्पारण के बगहा अनुमंडल पदाधिकारी शेखर आनंद ने भैरोगंज के कपरधिका गांव में चालीस कुष्ठ रोगियों के परिवारों के बीच कंबल का वितरण किया नालंदा की मेघी गांव निवासी बीस वर्षीय अर्पणा ने केदारकंठ की सबसे ऊंची चोटी पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर नेशनल रिकॉर्ड बनाया है

समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के आईबी रोड के पास अपराधियों ने एक व्यवसायी कौशिक कमल को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया घायल व्यवसायी को इलाज के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया है मुजफ्फरपुर के विश्वविभूति पुस्तकालय में देश की पहली महिला शिक्षक सावित्री बाई फुले की एक सौ नबवीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया अररिया जिले के कुर्साकांटा के भलुआ में एसएसबी के जवानों ने एक तस्कर को बाईस मवेशियों के साथ गिरफ्तार किया है